मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते हुए यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे है और संक्रमित मरीजों को निःशुल्क एवं सर्वोत्तम इलाज की व्यवस्था की गई है

उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से भी सहयोग करने को कहा श्री चौहान ने कहा कि विधायकगण अपने विधायक निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्यों में उपयोग करें

टीकमगढ़ में कोरोना का एक मामला सामने आया है

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में नये दिशानिर्देश जारी किये हैं कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों की राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी और इनमें महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाई गयी पाबंदियों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय कंटेनमेंट जोन्स के सही तरीके से निर्धारण और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा रोकथाम के उपायों की निगरानी करेगा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर कंटेनमेंट जोन्स से बाहर भी कुछ गतिविधियों पर रोक या ऐसी पाबंदियां लगा सकते हैं जो वे जरूरी समझते हैं मोदी हैकाथन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथन को संबोधित करेंगे श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे

शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों को मार्ग प्रशस्त हुआ है

इसी तरह बीएड की काउंसलिंग के लिए चार अगस्त से ऑनलाइन आवेदन दिये जा सकेंगे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कोरोना संकमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रकिया संचालित करने के निर्देश दिये हैं स्नातक कोर्स के पहले साल में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा का डाटा एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं ने ईद की मुबारकबाद देते हुए त्यौहार को सौंहार्द और भाईचारे के साथ मनाये जाने की अपील की है इस मौके पर भोपाल शहर काजी सहित कई मुस्लिम धर्म ग्रूओं ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की है इन्दौर में जिला प्रशासन ने सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी है कलेक्टर मनीष सिंह ने लोगों से घरों में रहकर ही ईद मनाने की अपील की है नरसिंहपुर जिले में ईद और राखी के त्यौहार को देखते हुए चार दिन का लॉकडाउन आज से घोषित किया गया है

जिला कलेक्टर मनोज पुष्य ने लोगों से घरों में रहकर त्यौहार मनाने की अपील की

श्रीमती पटेल ने विश्वविद्यालय से आगामी एक वर्ष की कार्ययोजना बनाने को कहा स्तनपान सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह आज से शुरू हो रहा है महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी ग्वालियर से इसका ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी इस मौके पर वे एक वेबिनार में भी शामिल होंगी इसमें महिला और बाल विकास विभाग के साथ यूनिसेफ के अधिकारी भी शामिल होंगे जिलों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा आगरमालवा जिले में यूट्यूब के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी

उन्होंने लोगों से भी साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की

इस सिलसिले में तेजस्विनी महिलाओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया